इन योजनाओं में जबलपुर बायपास सागर बायपास ग्वालियर बायपास और ओरछा बायपास का निर्माण शामिल है

सभी प्रकार के वाहनों को टोल बूथों पर लंबे इंतजार से बचाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल देवास मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था की गयी है प्रदेश में शेष मार्गों पर भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था के लिये कार्यवाही जारी है प्रसार भारती सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि निजी प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि आकाशवाणी ने देश के अधिकांश ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है राज्यसभा कार्यवाही स्थगित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव को लेकर आज राज्यसभा की कार्यवाही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के हंगामें के कारण दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई इन सभी विपक्षी दलों ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और केन्द्र सरकार से पिछले क्वाइंट रोस्टर प्रणाली के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग की इन दलों ने सरकार से जल्दी इसमें संशोधन करने के उद्वेश्य से नया विधेयक लाने की मांग की ताकि पुरानी आरक्षण प्रणाली बनी रहे बसपा के सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि इस नई प्रणाली से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ावर्ग आरक्षण से वंचित रह जायेगा सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरक्षण प्रणाली में किसी भी प्रकार से बदलाव से इन्कार किया

कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संशोधनों से अवैध रूप से धन जमा करने की गतिविधियों पर रोक लगाने और जमा कर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा श्री प्रसाद ने कहा कि जो भी डिपोजिट स्कीम रेगुलेटेड नहीं हैं एक्ट के मुताबिक वो सभी गैरकानूनी है उन्होंने कहा कि विधेयक में एक ऑथारिटी के निर्माण की बात है इसमें अन रेगुलेटेड अन लिस्टेड स्कीम का प्रचार करने को गैरकानूनी बनाया गया है उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर रेगुलेटर बनेंगे श्री प्रसाद ने कहा कि विधेयक में कंपनी के एसेट्स को बेचकर के गरीबों का पैसा वापिस करने का भी प्रावधान है विधेयक में तीन तरह के आर्थिक अपराध श्रेणीबद्द किए गए हैं

विश्वविद्यालय का कहना है कि इन सभी विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क की राशि वापस कर सीधे उनके खातों में जमा करा दी जायेगी राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजधानी भोपाल आ रहे हैं वे जम्बूरी मैदान में आयोजित किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे श्री गांधी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं श्री गांधी की यात्रा को देखते हुए सरकारी और प्रायवेट बसें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा को सफल बनाने के लिये पार्टी ने नेताओं को बड़ी संख्या में लोगों को आने हेतु प्रेरित करने को कहा गया है रेल प्रशासन उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे के कारण रेल प्रशासन ने राजधानी भोपाल से होकर गुजरने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस को मार्च तक प्रत्येक गुरूवार निरस्त किये जाने की घोषणा की है

गौरतलब है कि ये सवारी गाड़ियां कोहरे के कारण पहले आंशिक रूप से निरस्त थी प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर के पदेन प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल सहित सात प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के विभाग बदले हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कृटीर और ग्रामोद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सलीना सिंह को उच्च शिक्षा विभाग में इसी पद पर तबादला किया गया है वहीं जनजातिय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा को अनुसचित जाति कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है उनसे जनजातिय कार्य विभाग वापस ले लिया गया है नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल को श्रम विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है कल कुछ जिलों में बारिश और ओले गिरने से सर्दी बढ़ गई वहीं प्रदेश के कई जिलों में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा वहीं अरब सागर से आ रही नमी के कारण कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई

ग्वालियर के बीस सतना के चार गांवों में ओले पड़ने की भी खबर है हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया कि ओले से भितरवार विधानसभा क्षेत्र के चिचनोर तहसील के कई गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा है वहीं बारिश के चलते शिवपुरी जिले में भी तापमान में कमी आई है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में बारिश के साथ साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है मौसम केंद्र के मुताबिक अरब सागर से नमी आने के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है आज भी भोपाल समेत ग्वालियर चंबल सागर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने से मौसम खुशनुमा बना रहा भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है

इस दौरान प्रवासी विदेशी पक्षियों का अवलोकन किया जा सकेगा